सेना प्रमख बयान सेना प्रम्ख जनरल मनोज म्क्ंद नरवणे ने कहा है कि चीन से लगी सीमाओं पर स्थिति नियंत्रण में हैं उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है सेना प्रम्ख ने आज राजधानी देहराद्रन स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर परेड की सलामी ली

सेना प्रम्ख ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध काफी मजबूत है दोनों देशों के बीच भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक संबंध हैं और उनके नागरिकों के बीच भी घनिष्ठ संबंध हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा हमने कई कामयाबियां हासिल की हैं

आईएमए में पीओपी के दौरान उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को प्रुस्कार भी वितरित किए

स्वार्ड ऑफ ऑनर आकाशदीप सिंह ढिल्लो को दिया गया

जेंटलमैन कैडेटों ने अपने परिजनों की अन्पस्थिति में अंतिम पग भरा सभी कैडट मास्क पहने हए थे इसके अलावा पहली बार पीपिंग सेरेमनी में अपने बच्चों के कंधों पर सितारे सजाने की परिजनों को अन्मति नहीं दी गई थी

म्ख्यमंत्री ने देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में एक य्वक के आत्महत्या करने के मामले में संबंधित नोडल अधिकारी और डाक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिये

उन्होंने फ्रंटलाईन वर्कर्स को थर्मल स्कैनर फेस शील्ड पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने देहरादून में एक गर्भवती महिला की इलाज न मिलने पर मृत्य् की जांच का आदेश भी दिये उन्होंने ब्ज्र्गों गर्भवती महिलाओं छोटे बच्चों गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर विशेष ध्यान दिने के निर्देश दिये उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के अन्रूप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्य् पर उसके अंतिम संस्कार में विवाद न हो इसके लिए लोगों को इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाए उन्होंने हल्द्वानी और हरिद्वार में विद्य्त शव दाह गृह का कार्य श्रू करने के निर्देश देते हए देहराद्रन में भी विदय्त शव दाह गृह की घोषणा की बोर्ड परीक्षा कोरोना संक्रमण के कारण लम्बे समय से अटकी उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर प्स्तिका का मूल्यांकन कार्य आज से श्रू हो गया मूल्यांकन दो चरणों में होंगे

जिले के लोहाघाट में बने मूल्यांकन केंद्र के प्रभारी हरिनन्दन गहतोड़ी ने बताया कि सभी कक्षों को सैनेटाइज किया गया है साथ ही सभी परीक्षकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ ही नियमित मास्क का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं कक्षों में प्रवेश करने से पहले शिक्षकों की स्कैनिंग भीकी जा रही है

इस एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है इससे पहले केरल और उड़ीसा ने इस अधिनियम में संशोधन किया है सुबोध उनियाल कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने कहा है कि प्रे प्रदेश में मंडियों की स्थिति सही है लेकिन देहराद्रन की मंडी को कोरोना संक्रमण होने के कारण क्छ दिन के लिए बंद किया गया है उन्होंने कहा कि मंडी टैक्स को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने यह भी कहा कि किसान अब अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा

आज देहराद्रन नगर निगम दवारा सभी प्रतिष्ठानों द्वकानों सभी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की गई मेयर स्नील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगातार शहरभर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है

आज सैनिटाइजर के मद्देनजर देहरादून केवल आवश्यक सेवाएं और द्रकानें ख्ली रहीं साथ ही आवश्यक सेवाओं में जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहा हीरा सिंह राणा कुमाऊंनी के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार संगीतकार गायक हीरा सिंह राणा का आज दिल्ली में हृदयाघात से निधन हो गया

हीरा सिंह राणा वर्तमान में दिल्ली में गठित क्माऊंनी गढ़वाली और जौनसारी भाषा अकादमी के उपाध्यक्ष भी थे उनके निधन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी गणमान्यों और लोक कलाकारों ने शोक जताया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि हीरा सिंह राणा के निधन से लोकसंगीत को अप्र्णीय क्षति हई है प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी हीरा सिंह राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोकगीत औरलोक संस्कृति को बचाए रखने में उनके दिए गए योगदान को कभी भी भ्लाया नहीं जा सकता है

केन्द्रीय साइंस एवं टेक्नालाजी मंत्रालय के तहत काम करने वाला नैनीताल का आर्य भट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज सूर्य ग्रहण का जीवंत सर्वेक्षण करेगा एरीज के निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने बताया कि इस सुर्यग्रहण को अफ्रीका एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ ही उत्तरी भारत में भी देखा जा सकेगा

इसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा